केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन लाख बावन हजार लोगों का टीकाकरण किया गया इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव दो सात प्रतिशत हो गई है मंत्रालय ने बताया कि एक करोड पांच लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख इकतालीस हजार पांच सौ रह गई है देश में कोरोना संक्रमण से अब तक एक लाख पचपन हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तीन लाख आठ हजार हो गई है इनमें से तीन लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान भें लगभग चार हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कोरोना से अब तक तीन हजार सात सौ छियालीस लोगों की मौत हो चुकी है वहीं प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य कर्मियों और फंटलाइन वर्करों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है कल करीब आठ हजार स्वास्थ्य कर्मियों और छह हजार फंटलाइन वर्करों का कोरोना टीका लगाया गया इसे मिलाकर प्रदेश में अब तक एक लाख पंचानवे हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और फंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जा चुका है महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने कोरोना के बचाव के लिए राजस्व शहरी निकाय के साथ ही जिला पंचायत और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कोरोना टीका लगवाने की अपील की है वहीं राजनांदगांव जिले में अब दूसरी पंक्ति के अधिकारियों कर्मचारियों को आज से टीका लगाने की शुरूआत हो गई है कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने इस संबंध में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक लेकर अधिक से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाने के निर्देश दिए बजट रेलवे केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय बजट दो हजार इक्कीस बाईस में भारतीय रेलवे के लिए एक लाख दस हजार करोड़ रूपये के रिकॉर्ड आवंटन का प्रस्ताव किया है रेलवे के लिए सकल बजटीय आवंटन सैंतीस हजार करोड़ रूपये से अधिक किया गया है जो वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में तिरपन प्रतिशत अधिक है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि माल दुलाई के प्रति समर्पित पश्चिमी गलियारा और पूर्वी गलियारा जून दो हजार बाईस से शुरू होने की संभावना है वित्त मंत्री ने यह घोषणा भी की है कि दिसंबर दो हजार तेईस तक सभी ब्रॉडगेज मार्गो पर शत प्रतिशत विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा इधर बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक ने आज पत्रकारवार्ता में रेल बजट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नये बजट में मंडल को विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है इनमें नई लाइन दोहरीकरण तीहरीकरण और चौथी लाइन परियोजना शामिल हैं यात्री सुविधाओं आधारभूत संरचना विकास और संरक्षा से संबंधित कार्य के लिए बजट में प्रावधान किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड देशभर में पिछले एक साल में किसानों को एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपये की सीमा वाले एक करोड़ सत्यासी लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी गई है किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का विशेष अभियान फरवरी दो हजार बीस से चल रहा है केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी किसानों को आसानी से और समय पर खेती से संबंधित कामकाज के लिए कर्ज उपलब्ध हो सके यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकि वे बीज खाद और कीटनाशकों जैसे खेती में उपयोग होने वाली सामग्रियों की खरीद कर सकें अरपा महोत्सव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अरपा महोत्सव से गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की नई पहचान बनेगी उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की नींव जिस खूबसूरती के साथ रखी गई है उससे आने वाले समय में इसके स्वरूप में विस्तार होगा और भव्यता आएगी श्री बघेल ने गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित अरपा महोत्सव को संबोधित करते हुए डॉक्टर भवर सिंह पोर्ते की स्मृति में स्थापित महाविद्यालय और स्कूल में प्रतिमा लगाने की घोषणा की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले में बीस करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कीर्तिमान बना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथी किश्त इकतीस मार्च के पहले किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी श्री बघेल ने यह भी कहा कि सामुदायिक वन अधिकार के तहत जंगलों की रखवाली तथा लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार देने के काम को प्राथमिकता से किया जाएगा राज्यपाल शहीद श्रद्धांजलि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज जगदलपुर के गोलबाजार स्थित शहादत स्थल पर जाकर भूमकाल आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं उन्होंने जगदलपुर के गुंडाधूर पार्क में शहीद गुंडाधूर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया इस अवसर पर राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंदकुमार साय भी मौजूद थे

इस योजना के तहत केन्द्र सरकार ने तैंतालीस करोड़ रूपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया है प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत राशि से डोंगरगढ़ में तीन हिस्सों में काम प्रस्तावित है पहले हिस्से में श्रीयंत्र की डिजाइन में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित की जानी हैं

लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की पन्द्रहवीं कड़ी का प्रसारण चौदह फरवरी रविवार को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार उपयोगी निर्माण जनहितैषी अधोसंरचनाएं आपकी अपेक्षाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चौनलों से सुबह साढ़े दस से ग्यारह बजे तक होगा

इन माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शाभिल होने का आरोप है पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक तीन सौ दस माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं इनमें सतहत्तर इनामी माओवादी भी शामिल हैं उघर सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने जगरगुंडा इलाके से एक माओवादी को विस्फोट सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल धुव ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी के खिलाफ कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है सिरपुर महोत्सव महासंमुद जिले के सिरपुर महोत्सव में इस बार सांस्कृतिक और शासकीय कार्यक्रम नहीं होंगे कोरोना काल के चलते परंपरागत रूप से सिरपुर मेला का आयोजन सत्ताईस और अट्ठाईस फरवरी को किया जाएगा सिरपुर मेला में जिला प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा यातायात सड़क बिजली पानी साफ सफाई आदि की व्यवस्था की जाएगी प्रशासन ने मेले में आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं से कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है पटवारी निलंबित रायपुर के एसडीएम ने भ्रष्टाचार के मामले में दो पटवारियों को निलंबित कर दिया है इनमें हल्का नंबर अंठावन ग्राम डगनिया के पटवारी विजय कुमार साहू और हल्का नंबर साठ ग्राम भाटागांव के पटवारी भाई लाल अनंत शामिल हैं शासकीय कामकाज के एवज में अवैध रूप से राशि के लेनदेन और भ्रष्टाचार की बात रिकॉर्ड किए जाने की स्टिंग वीडियो क्लीपिंग सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है

बैडमिंटन प्रतियोगिता महासमुंद में आयोजित बीसवीं छत्तीसगढ़ सब जूनियर राज्य स्तरीय बाल बैडभिंटन प्रतियोगता में भिलाई इस्पात संयंत्र की बालक वर्ग टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया फाइनल मुकाबले में बालक वर्ग में बीएसपी की टीम ने कबीरधाम की टीम को पैंतीस पन्द्रह पैंतीस बाईस से हराया वहीं बालिका वर्ग में कबीरधाम की टीम ने बीएसपी को पैंतीस सत्ताईस पैंतीस सत्ताईस से पराजित किया इस प्रतियोगिता में कुल आठ टीमों ने भाग लिया वहीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता दो हजार बीस इक्कीस पुरूष और महिला वर्ग का आयोजन आगामी तेरह और चौदह फरवरी को दुर्ग जिले के उतई स्थित पुलिस ग्राउंड में किया जाएगा इस प्रतियोगिता में लगभग बीस टीमें भाग लेंगी संक्षिप्त समाचार बेमेतरा में विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने गांजा तस्करी के मामले में चार आरोपियों को दस दस साल के कठोर कारावास और एक एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है राजनांदगांव जिले के सभी निजी और शासकीय स्कूलों में आज से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं दर्ग के नेहरू नगर स्थित ग्रूद्वारा चौक में दो स्थानों पर कलवर्ट बनाए जाने के कारण वॉय शेप ब्रिज से गुरूद्वारा चौक तक के मार्ग को बीस मार्व तक बंद रखा जाएगा इस दौरान यहां से गुजरने वाले लोग परिवर्तित मार्ग का उपयोग करेंगे राजनांदगांव में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए मोटर साइकिल रैली निकाली गई वाहन चालक हेलमेट लगाकर इस रैली में शामिल हुए रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बीएसपी के कर्मचारी से तीन लाख रूपए की ठगी करने के मामले में दुर्ग जिले की नेवई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है